वे कल शिमला से उपायुक्तों पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के अन्य हिस्सों में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिये हॉटस्पॉट क्षेत्रों से आवाजाही को पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाना चाहिए जयराम ठाकुर ने ज़िले को भीतर मरीजों व किसानों की सुविधा के लिए आवाजाही की अनुमति देने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए

स्वास्थ्य विभाग ने कल शाम जारी मीडिया बुलेटिन में ये जानकारी दी है मौजूदा समय में चंबा के तीन हमीरपुर से दो कांगड़ा से एक सोलन से दो और ऊना जिले से आठ संक्रमित मरीज विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं

जनजातीय जिले किन्नौर में ग्राम पंचायतें गांव की सीमा की निगरानी कर रही हैं कल्पा उपमंडल के दूनी पंचायत प्रतिनिधि बैरियर लगाकर पहरा दे रहे हैं ताकि कोई बाहरी व्यक्ति अन्य ज़िलों और बाहरी राज्यों से उनकी पंचायत में प्रवेश न कर सके पूरे क्षेत्र में बाहरीलोगों के प्रवेश में रोक लगा दी गई है इस बीच कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिले के विश्वकर्मा महिला मंडल चगाव की महिलाएं अपने खर्च से मास्क बनाकर लोगों को बांट रही हैं उधर मंडी शहर में भी महिलाएं मास्क बनाकर लोगों में वितरित कर रही हैं

प्रधानमंत्री ने इसके लिए लोगों से विषय सुझाने को कहा है

हमारे जिला संवाददाता लक्ष्मी दत्त शर्मा ने बताया कि कुम्हारहट्टी स्थित फ्लाई ओवर का काम संबंधित कंपनी ने यहां रह रहे मजदूरों से शुरू कर दिया है लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए सरकार द्वारा दिए गए मापदण्डों का पालन किया जा रहा है मजूदरों को उचित दूरी पर रहकर काम करने और उनके खाने पीने के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं

राष्ट्रीय क्रषि बाजार के ई नैम पोर्टल को नया रूप दिया गया है इसमें गोदाम आधारित व्यापार और कृषक उत्पादक संगठनों एफपीओ जैसे दो नये मॉड्यूल जोड़े गये हैं अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने कोरोना से राहत की खबर को प्रमुखता दी है

दैनिक जागरण का शीर्षक है हिमाचल के लिये राहत सात मरीज स्वस्थ दिव्य हिमाचल के शब्द हैं हिमाचल को डबल राहत सात ठीक कोई नया मरीज नहीं लॉकडाउन में मायके पहुंची बेटी मां ने बुला ली पुलिस शीर्षक से अमर उजाला ने लिखा है पटियाला से लौटी थी नाहन घर के भीतर भी नहीं दिया आने मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के बयान को दिव्य हिमाचल ने सुर्खी दी है कोरोना से निपटने को हिमाचल सरकार ने बनाया आठ महीने का मास्टर प्लान

दैनिक सवेरा टाइम्स की एक खबर है संक्रमण की रोकथाम को तीन रैपिड रिस्पांस टीम गठित आपका फैसला ने हाईकोर्ट के आदेश को शीर्षक दिया है प्रवासी मजद्रों को तत्काल जरूरी सुविधाएं दें साढ़े सात हजार कर्मचारी होंगे नियमित दैनिक जागरण की खबर है शिक्षा मंत्री के हवाले से आपका फैसला ने लिखा है हिमाचल में घट सकता है शैक्षणिक सत्र और सिलेबस